राजधानी रांची की तीन सड़कों का साइकिल फोर चेंज चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया ने गया चयन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

गरीबों का जीवन बदलने के लिए सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का देशवासियों के आत्मविश्वास से सीधा संबंध है उन्होंने कहा कि इंसान का अपना घर होने से उसका आत्मविश्वास कई गुणा बढ़ जाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए सहायता राशि के डिजिटल ट्रांसफर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चअल माध्यम से शामिल हुए

नेताजी के सम्मान में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस करने की अधिसूचना जारी कर दी है

पहले कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में उद्घाटन करेंगे दूसरा कार्यक्रम नेताजी के जन्म स्थान ओड़िशा के कटक में होगा इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान शामिल होंगे तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में होगा जहां कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रदर्शनी लगाई जायेगी संस्कृति मंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वर्षगांठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाई जाएगी

ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका टीकों का भंडारण आसानी से किया जा सकता है और भारत की आने वाले दिनों में इन टीकों की लाखों खुराके निर्यात करने की योजना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकतायें पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बडे सम्मान से देखा जाता है एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पडोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं

रांची जिले में तीन पश्चिम सिंहभूम में चार और खूंटी जिले के एक सेंटर सहित अन्य जिलों में टीकाकरण किया गया स्वास्थ विभाग की रिपोर्ट के अनुसार टीकालेने वाले लोगों में से अठारह लोगों को जीभ मचलने और चक्कर आने जैसी समस्याएं हई इन लोगों को अस्पताल में रोक कर रखा गया जब ये लोग पूरी तरह से सामान्य हो गये तब उन्हें घर भेजा गया

वहीं सरायकेला सिमडेगा कोडरमा लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम से एक एक संक्रमित मिले हैं राज्य में अबतक कुलएक लाख सत्रह हजार आठ सौ सतासी संक्रमित मिले हैं वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार एक सौ सैंतालीस हैं कल राज्य में कोरोना की वजह से तीन लोगों की मौत हो गयी अबतक कोरोना की वजह से एक हजार संतावन लोगों की मौत हो चुकी है

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं गिरिडीह दौरे पर आये श्री मरांडी ने झारखंड में किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस के चलने की बात से इनकार किया है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया गया कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ और सूडा के निदेशक अमित कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्र के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के तहत इस पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी है जिन तीन सड़कों का चयन किया गया है उनमें बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन बिरसा चौक से राजेंद्र चौक और बिरसा चौक से कांके रोड़ वाया हरमू बाईपास सड़क शामिल हैं बैठक में सीईओ ने बताया कि भविष्य में मोरहाबादी इलाके को भी साईकिल ट्रैक बनाया जाएगा

जेईई मेन के परीक्षार्थियों को नब्बे सवालों में से पचहतर के जवाब देने का विकल्प रहेगा इन नब्बे प्रश्नों में तीस तीस सवाल गणित रसायन और भौतिकी के होंगे तीनों विषयों में पच्चीस पच्चीस सवालों के जवाब देने होंगे पिछले साल जेईई मेन में पचहतर प्रश्न पूछे गये थे परीक्षार्थियों को सभी का जवाब देना था

वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय ने दो हजार इक्कीस बाइस में आईआईटी एनआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए मानदंडों में छूट का ऐलान किया है

इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब अप्रैल के अंत में या मई माह के पहले सप्ताह में होगी जैक जनवरी के अंत में परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम जारी कर देगा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर पत्र भेजा था पहले यह परीक्षा नौ मार्च से शुरू होनी थी जैक के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने कल इस मामले में विचार विमर्श कर परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर सहमति जतायी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं एक साथ शुरू होगी प्रथम पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी परीक्षा मई माह तक चलेगी और जुलाई में रिजल्ट जारी होने की संभावना है कोडरमा में पिछले साल जून महीने में सील किए गए सात अबरख गोदामों में से चार गोदामों में रखे गए करोड़ो रुपये के मायका की नीलामी की जाएगी जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि मायका गोदाम मालिकों की ओर से किसी तरह का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बाद जिला खनन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मायका गोदामों में डंप किए गए मायका की नीलामी के आदेश दिए गए हैं गौरतलब है कि जून महीने में अवैध रूप से संचालित हो रहे सात माइका गोदामों को जिला टास्क फोर्स की टीमें ने सील कर दिया था और उन्हें गोदाम के संचालन को लेकर वैध कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक सभी माइका गोदाम संचालकों ने किसी तरह का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया

यह बैठक कल होनी थी लेकिन इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों से अपने अनौपचारिक समूह बनाने और अपनी मांगों के बारे में सरकार को मसौदा देने के लिए कहा गया है श्री तोमर ने कहा था कि सरकार सर्दियों में आंदोलनकारी किसानों को लेकर चिंतित है उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से जल्दी ही कोई समाधान निकल जायेगा

इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल बिहार के पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है

इस अवसर पर वहां विशेष लंगर का भी आयोजन किया गया है इधर गुरु गोविंद सिंह जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बधाई दी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है